उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों की पालना करते हुए दो कुर्सियों के बीच में जगह छोड़ी जाएगी सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा

उन्होंने टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम को अधिक से अधिक बढ़ावा देने पर भी जोर दिया

सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ मतदान शाम साढ़े पांच बजे तक चलेगा मंतदान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आ रहा है

गौरतलब है कि मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और कल उपसरपंच का चुनाव होगा

आज अनुसूचित जाति जन जाति मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बुजेश कुमार शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया है

नगर परिषद आयुक्त की अगुवाई में शहर के विभिन्न स्थानों पर मास्क का वितरण किया गया वहीं भरतपुर में जिला कलेक्टर ने बस स्टैण्ड स्थित रैन बसेरे पर निःशुल्क मास्क वितरण कर इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी

इधर केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देश में कोविड की जांच सुविधाएं बढाने के उपाय किये हैं